हॉस्टल निरीक्षण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में आश्रय स्थलों का हर महीने निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं पत्रकार वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से मन व्यथित होता है श्री चौहान ने बताया कि बालिका छात्रावास में एनजीओ संचालक द्वारा मूक बधिर युवती से ज्यादती करने की अप्रिय घटना का आरोपी पकड़ा गया है और उसे कड़ी सजा दिलाई जायेगी श्री चौहान ने कहा कि इस घटना को गंभीरता से लिया गया तथा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जांच पड़ताल कर जल्दी ही चार्जशीट प्रस्तुत की जायेगी

उन्होंने कहा कि प्रदेश के उन सभी अनुदान प्राप्त निजी या सरकारी आश्रय स्थलों का हर माह निरीक्षण किया जायेगा जहाँ बेटियां रहती हैं कांग्रेस चुनाव समिति कांग्रेस आलाकमान ने आज मध्यप्रदेश के लिए चुनाव समिति के गठन को मंजूरी दे दी है पार्टी महासचिव अशोक गहलोत द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक चुनाव समिति में चौबीस सदस्यों को शामिल किया गया है इसके अलावा पार्टी के अन्य संगठनों जैसे महिला कांग्रेस एनएसयूआई युवा कांग्रेस सेवा दल सहित अन्य सहयोगी संगठनों के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है समिति में शामिल प्रमुख नामों में कमलनाथ ज्यातिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह अजय सिंह राहुल सत्यव्रत चतुर्वेदी विजयलक्ष्मी साधौ इन्द्रजीत पटेल जीतू पटवारी सहित प्रदेश के सभी जाने माने नाम शामिल हैं

मुख्यमंत्री कल सुबह आगर विधानसभा क्षेत्र के कानड़ पहुंचेगे

पोषण आहार केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय पोषण आहार योजना के मध्यप्रदेश में भी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता ने इस योजना के संबंध में जिले की कुछ हितग्राहियों से बात की संगीता विश्वकर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें दिये जा रहे पोषक आहार से उनकी शारीरिक कमजोरी दूर हुई है वहीं एक अन्य हितग्राही प्रष्पा ने भी बताया है कि आंगनबाड़ी में दिये जा रहे पोषण आहार से उनके बच्चों का कुपोषण दूर हो गया है

प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए है

श्रीमती सिंह ने आज प्रशासन अकादमी में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में ये बात कही उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्वरूप को बरकरार रखते हुए आध्र्निक स्वरूप प्रदान करना ही आज की आवश्यकता है इसी सोच के साथ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं

इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सम्मेलन के माध्यम से विशेषज्ञों और जन प्रतिनिधियों के सुझाव आमंत्रित किये गये हैं श्रावणयात्रा खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किये जा रहे हैं श्रावण मास के चलते श्रद्वालुओं द्वारा परिक्रमा यात्रा में भाग लेकर भगवान ओम्कारेश्वर से क्षेत्र में खुशहाली के लिए निकाली जा रही हैं

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक हेरिटेज वास्तुकला धार्मिक एवं ईको टूरिज्म के प्रति जन जागरूकता लाना है इन स्थानों पर आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटक इसमें भाग ले सकेंगे वॉल्क लीडर तथा प्रतिभागियों को इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा मौसम प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है

आगामी चौबीस घण्टों के दौरान पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दमोह रीवा सतना सीधी सिंगरौली उमरिया शहडोल और कटनी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है गुना जिले में अब तक पांच सौ छियालिस दशमलव दो मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है नीमच छतरपुर देवास जिलों में भी बारिश के समाचार मिले हैं